इस योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और बागीचे विकसित किए जाएंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बागीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना है उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में राज्य के विभिन्न स्थानों पर करीब सौ पार्क विकसित किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और ये योजना इस दिशा में किया गया एक प्रयास है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस कोरोना संकट में सहयोग देने की बजाए राजनीति करने का काम कर रही है मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार पर आरोप लगाने के सिवाए कोई और काम नहीं है महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि वैंटिलेटर खरीद मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है सशक्तिकरण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है कांगड़ा जिले के शाहपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं उन्होंने इस दौरान महिला मंडलों को चैक और मास्क भी वितरित किए जायजा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कांगड़ा ज़िले में आज कोविड केयर सेंटर डाढ़ में व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने कहा कि इस केंद्र में रखे जा रहे सभी मरीजों का सरकार द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि सजग रहने की जरूरत है विक्रमादित्य सिंह प्रदेश कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में राज्य में विकास पूरी तरह ठप्प है और सरकारी आदेशों के बावजूद ठेकेदार विकास कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अधिकारी कोरोना का हवाला देकर काम शुरू करने से आनाकानी कर रहे हैं और जनता से जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए उन्होंने काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट करने की मांग की

आज सोलन ज़िले में दो जबकि सिरमौर जिले में एक नए मामले की पुष्टि हुई है सोलन जिले के बीबीएन क्षेत्र से आए दोनों कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बरोटीवाला में एक क्वारंटीन केंद्र में रखे गए थे इनमें से एक व्यक्ति कोलकाता जबकि दूसरा उतराखंड से वापिस लौटा था इसी तरह सिरमौर ज़िले के कालाअंब क्वारंटीन केंद्र में दिल्ली से लौटे एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

भरमौर उपमंडल में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में विधायक जियालाल कपूर ने ये जानकारी दी

आपदा मॉनसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर आज मंडी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने समीक्षा बैठक की उन्होंने आपदा से निपटने के लिए विभागों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए उपायुक्त ने कहा कि बरसात के दौरान ज़िले में अति संवेदनशील क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित किया गया है और लोक निर्माण विभाग को इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है कल्याण बोर्ड कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड किन्नौर ज़िले के कामगारों के लिए मददगार बना है बोर्ड द्वारा सभी पंजीकृत क्रियाशील पात्र सदस्यों को उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में अप्रैल व मई माह में दो दो हजार रुपये की राहत राशि डाली गई है

आग सोलन ज़िले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में रूई के एक गोदाम में आग लगने की घटना में एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई हालांकि दो अन्य मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया मृतक मजदूर झारखंड निवासी बताया जा रहा है इस घटना में करीब एक करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है